वे कल होशंगाबाद के इटारसी से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरूआत करेंगे यहां के रेलवे इंस्टीटयूट मैदान पर श्री मोदी की सभा होगी

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं

प्रदेश में पिछले दिनों पड़े पाले से बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हुए थे

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के लागू होने से ऊर्जा विभाग से संबंधित एक और वचन पूरा हो गया है ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने बताया कि सरल बिजली बिल स्कीम के सभी उपभोक्ता योजना में शामिल होंगे सरल बिजली बिल के प्राप्त लंबित आवेदन भी इस योजना में मान्य होंगे

हितग्राहियों के बिल की गणना विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ अनुसार की जायेगी

शहरी क्षेत्रों में मीटर के आधार पर ही बिलिंग होगी मनोज श्रीवास्तव प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पशुपालन मनोज श्रीवास्तव ने कहा है कि पशुओं में होने वाली ब्र्सेलोसिस रैबीज ग्लैण्डर्स आदि बीमारियों के इलाज के लिये बहु विभागीय समन्वय की आवश्यकता है श्री श्रीवास्तव आज भोपाल में पशुओं की ब्रुसेलोसिस और अन्य बीमारियों पर नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे

श्री पटवारी आज भोपाल के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस घर में बेटियाँ होती हैं वहाँ आर्थिक सम्पन्नता निवास करती है श्री पटवारी ने कहा कि आने वाले डेढ़ साल में प्रदेश के दौ सौ कॉलेज को आदर्श कॉलेज बनाए जाने की योजना है

अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

सहकारिता मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने पुरस्कार के लिये चयनित संस्थाओं को बधाई दी है पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार कल भोपाल स्थित समन्वय भवन में आयोजित किया जायेगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था सौरवा अलीराजपुर को प्रथम और आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था चांदपुर अलीराजपुर को द्वितीय पुरस्कार के लिये चुना गया है महिला श्रेणी में इंदौर की स्वश्री महिला साख सहकारी संस्था और डिण्डौरी जिले की समनापुर की रानी दुर्गावती मुर्गी पालक सहकारी समिति मर्यादित का चयन प्रथम और द्वितीय स्थान के लिये किया गया है कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि राज्य सरकार मंदसौर और कुछ अन्य जिलों में ओला और बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराएगी श्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि कल मंदसौर और कुछ अन्य जिलों में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है इसका सर्वेक्षण कराकर प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान चिंता नहीं करें राज्य सरकार उनके साथ है इस मामले में कृषि और राजस्व विभाग सक्रिय हो गया है हादसा खरगोन जिले में आज एक निजी यात्री बस और जीप में हुई भिड़ंत में जीप चालक समेत तीन लोगों की मौत हो गई हादसे में सात अन्य लोग घायल हो गये गोगावा थाना नगर निरीक्षक दिलीप गंगराड़े ने बताया कि खरगोन गोगावा मार्ग पर सुरपाला के पास एक पुलिया पर एक निजी यात्री बस और जीप में आमने सामने हुई टक्कर में जीप सवार तीन लोगों की मौत हो गई

जिला कलेक्टर डॉ सुदाम खाडे के जारी आदेश के मुताबिक क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे कोई व्यक्ति किसी जुलूस प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा मौसम प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है

हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि जिले में हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है वहीं मंदसौर और गुना में ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरे मिली हैं वहीं देवास में आज सुबह कई जगहों पर ओले गिरने के साथ बारिश हुई हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया है कि जिले में धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान और उसके आसपास एक चकवात की स्थिति बनने के कारण बंगाल की खाड़ी से हवा में नमी आ रही है जिससे आज और कल हल्की बारिश भी हो सकती है

आनन फानन में डॉक्टरों ने महिलाओं को झांसी रेफर कर दिया

इसके लिये यलो लाईन अभियान चलाया जायेगा